प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार श्री नायडू आज जयपुर पहुंचकर सीधे राजमवन जाएंगे उपराष्ट्रपति कल सीतापुरा में तीन दिवसीय स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया का उद्घाटन करेंगे इसके बाद वह होम्योपैथी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत करेंगे उनकी यात्रा के मद्देनजर कल जिला कलेक्ट्रेट मेर् एक बैठक आयोजित की गई जिसमें जिला कलेक्टर ने पुलिस प्रशासन और अन्य सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी श्री मोदी ने द्वीट किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन

भारतीय किकेट टीम के विराट कोहली और भारोत्तोलक मीरा बाई चानू को सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा

राष्ट्रपति इस अवसर पर द्रोणाचार्य और ध्यानचन्द पुरस्कार भी प्रदान करेंगे

मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नन्द्राजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचन्दानी की खण्डपीठ ने ये निर्देश कल जारी किये सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने पालना रिपोर्ट पेश कर कहा कि सभी महिला जेलों में आधारमूत सुविघाएं शुरू कर दी गई हैं इस पर सरकार ने प्राधिकरण को निरीक्षण के निर्देश दिये

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव और स्काउट स्टेट चीफ कमिश्नर जे सी मोहन्ती ने कहा कि स्काउट गाईड को अभिरूचि अनुसार प्रभावी प्रशिक्षण देने से कार्य में गति आयेगी उन्होंने स्काउट को प्रभावी प्रशिक्षण दिये जाने पर जोर दिया उन्होंने बताया कि इण्डिया स्काउट गाईड फैलोशिप हर राज्य में स्थापित होगी इसमें जो भी स्काउट से जुड़ना चाहता है उसे जोड़ा जायेगा

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव देने का आग्रह किया

बीकानेर के देशनोक और रासीसर के बीच कल टैंकर और कार की टक्कर में कार चालक की मौत हो गई

मैच भारतीय समय के अनुसार शाम पांच बजे से शुरू होगा

बारिश से नदी नाले उफान पर हैं सबसे बडा जाखम बांध छलक गया है कई खेतों में पानी भरा हुआ है इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है